इस अवसर पर उनके साथ युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे श्री बिडला ने प्रतिभा और परिश्रम के बल पर फाइनल तक पहुंचे सभी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे पहले तीन विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू होगा गौरतलब है कि देश में ही बने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है

प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण का दायरा तेरह जिलों तक फैल गया है

इधर देशभर में बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र द्वारा गठित दल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को भारतीय सेना से सम्बधित गोपनीय सूचना भेजने के मामले में एक व्यक्ति को जैसलमेर जिले से गिरफ्तार किया गया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्टेलीजेन्स उमेश मिश्रा ने बताया कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा छद्म नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउट पर एक युवती से सम्पर्क में रहते हुए भारतीय सेना से सम्बंधित सामरिक महत्व की सूचना भेज रहा था इसके खिलाफ सीआईडी स्पेशल ब्रांच जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है

श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लगातार घने कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित हो रहा है